स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंप् में चौवालीस वर्षीय एक निजी स्कूल के शिक्षक ए एम सी एस डिब्र्गढ़ में रोईग के साठ वर्षीय व्यक्ति लोअर स्बनसिरी जिले के जीरो की अद्वारह वर्षीय महिला और वेस्ट कामेंग जिले के कलाकतांग के तिरपन वर्षीय कोविड रोगी की कल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर बोमडिला में मौत हो गई राज्य में सोमवार को कोविड के दो सौ पांच नए मामले सामने आए और एक सौ उन्यासी रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोविड सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ पचपन हो गई है और रिकवरी दर घटकर नब्बे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत रह गई है राज्य भर से पिछले चौबीस घंटे में कोविड जांच के लिए दो हजार आठ सौ बहत्तर सैंपल एकत्र किए गए

म्ख्यमंत्री ने रणनीतिक दृष्टि से एक सौ सत्तावन किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के लिए गैप फंडिंग को राज्य सरकार की तरफ से मुहैय्या कराने का आश्वासन दिया ताकि इस परियोजना को समय पर प्रा किया जा सके

वे याच्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रह च्के है

इस अवसर पर जिला उपाय्क्त तालो पोतम प्लिस अधीक्षक जिम्मी चिरम आई एम सी के डिप्य्टी मेयर बिरि बासंग और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तादर तारांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में श्री फासांग ने बताया कि सेनेटाईजेशन दल के सदस्य कोविड अस्पताल चेकगेट्स राजकीय संस्थानों और अन्य प्रभावित क्षेत्रो को सेनेटाइज करेंगे उन्होंने क्षेत्र के लोगो से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य एस ओ पी का पालन करने की अपील की

राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एन डी आर एफ सरकारी विभागों के परिसरों और अस्पतालों को सेनेटाइज करने में कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है एन डी आर एफ ने आज द्रदर्शन और आकाशवाणी केंद्र ईटानगर के परिसर को सेनेटाइज किया

उन्होंने लोगो से कोविड के लक्षण दिखाई पड़ने पर बिना संकोच किए हए नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जांच कराने की भी अपील की है

इसी के तहत बीते दिनों तवांग जिले के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने भारत तिब्बत चीन सीमा के पास स्थित मैगो सालुंग्थी और शेच् गांवों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को कोविड वैक्सीन की ख्राक दी डी आर सी एस ओ डॉक्टर रिनचिन नीमा की अग़वाई में यह वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया जिसमें तवांग के जिला पंचायत चेयरमैन लेकी गोम्ब् ए डी सी आर डी थ्ंगोन और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे

जिले में कही भी बैठक या समारोह की अनुमति नही होगी